वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इससे पैट्रोल और डीजल के दाम ढाई रूपए प्रति लीटर कम हो जाएंगे

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें भी पैट्रोल डीजल पर ढाई रूपए कम करेंगी तो जनता को पांच रूपए प्रति लीटर का फायदा होगा

हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय समूह ने विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथ जयपुर में वार्ता की लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज हड़ताली रोड़वेज कर्मचारियों से जयपुर में मुलाकात की और कहा कि यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो कर्मचारियों की सभी वाजिब मांगें मानी जाएगी

समाचार पत्रों में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने कहा कि पर्यावरण से संबंधित विषयों पर चर्चा अनुसंधानऔर नवाचार को बढ़ावा देना जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह तभी संभव होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यावरण की चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनसे निपटने के तरीकों पर विचार करेंगे

संयुक्त राष्ट्र के चौम्पियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर श्री मोदी ने कहा कि यह पुरस्कारएक व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि भारतीयसंस्कृति और मूल्यों के सम्मान में दिया गया है

सलीम दिल्ली में ट्रेवल ऑफिस चलाता था गिरफ्तारी के बाद प्रछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं टीम ने कुचामन के ट्रैवल एजेंसी ऑफिस को सील कर दिया है ट्रेवल एजेंसी संचालक हमीद मौलानी सहित चार लोगों को दिल्ली तलब किया गया है

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लर्म्बे समय तक विपक्षी में रही लेकिन देष के जवान और शहीदों के परिवार हमेषा इस पार्टी की प्राथमिकता रहे हैं

वहां आयोजित अनुसूचित जाति सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार गरीब दलित पिछड़े और आदिवासियों के लिए निरंतर काम कर रही है